राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की दी श्भकामनाएं मुख्य सचिव ओमप्रकाश और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार से सम्मानित किया

इनमें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के राजकीय हाईस्कूल प्ड़क्नी के प्रधानाचार्य डॉ केवलानंद कांडपाल और देहरादून जिले के कालसी स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शिक्षिका सुधा पैन्यूली भी शामिल हैं डॉ केवलानंद कांडपाल को यह प्रस्कार बालिका शिक्षा में विशेष योगदान और शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक कर विद्यालय में मां बेटी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया जिससे पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी छात्राओं ने दोबारा स्कूल में प्रवेश लिया

राष्ट्रपति से प्रस्कार मिलने पर ख्शी जताते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है

शिक्षिका सुधा पैन्यूली ने अपने एकलव्य विद्यालय में जन्म दिवस बगिया शिक्षा में ना्टय मंच एकलव्य जनजातीय संग्रहालय कौशल विकास कार्यशालाएं जैसी कई तरह की पहलें की राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया

पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्वांजलि देते हए ने कहा कि डॉ राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद दार्शनिक गहन चिंतक क्शल वक्ता और महान मानवतावादी विचारक थे उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है

यह प्रशंसनीय है कि हमारे शिक्षकों ने समय की मांग के अन्सार तकनीक को प्रभावी ढंग से अपनाया और प्रयोग किया म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी है म्ख्यमंत्री ने अपने संदेश में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हए कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उन्होंने कहा कि वही देश और समाज आगे बढ़ते हैं जहां ग्रूजनों का सम्मान होता है

केदारनाथ निरीक्षण म्ख्य सचिव ओमप्रकाश और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने आज केदारनाथ धाम में प्नर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य मे तेजी लाने और ग्णवत्ता परक कार्य कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि हर हाल में तय समय सीमा के भीतर प्नर्निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए शंकराचार्य समाधि में चारदीवारी और मंडल वॉल का निर्माण किया जाना है

बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए मास्टर प्लान लगभग तैयार हो च्का है इसके तहत बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर श्रद्वाल्ओं के आवागमन की सुविधा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा अन्मति मिलते ही जल्द इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा कल जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित कार्यो को लेकर संबधित अधिकारियों के साथ चर्चा की मास्टर प्लान के तहत शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा पढ़ो दून बढ़ो दून देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने शिक्षक दिवस के मौके पर जिले को साक्षर बनाने के लिए पढ़ो दून बढ़ो दून कार्यक्रम की श्रुआत की है जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिये जिले को पूर्ण साक्षर बनाना है इसके लिए वॉलन्टियर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपने आसपास रहने वाले पढ़ाई से वंचित लोगों को साक्षर करने में मदद करेंगे उन्होंने बताया कि जो भी वॉलन्टियर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनकी ट्रेनिंग होगी ओम बिरला मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पिछले साल देहरादन में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक मिसाल बन गया है उन्होंने सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न कराये जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई दी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके शासकीय आवास पर शिष्टाचार भैंट की इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले साल देहरादून में संपन्न हए देशभर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन से संबंधित स्मारिका का विमोचन किया उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय दवारा भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नामक स्मारिका का प्रकाशन किया गया है

साथ ही विधायकों को वर्च्अल माध्यम से सत्र में प्रतिभाग करने को लेकर भी विचार किया जा रहा है

इसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि वाहन की चपेट में आने से तीन लोग घायल हो गए

दिमागी बखार उधमसिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में फैल रहे दिमागी बुखार को रोकने के लिए जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने क्षेत्र में डोर ट्र डोर सर्वे कर अधिक से अधिक टीकाकरण के निर्देश दिये हैं जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को खटीमा के साथ ही उन क्षेत्रों में डोर ट् डोर सर्वे कराने को कहा है जहां पहले भी दिमागी ब्खार के मामले सामने आये थे

इन क्षेत्रों में शत प्रतिशत टीकाकरण किया जाएगा